पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं

गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक दो चरणों में है माना जा रहा है कि इसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने कोरोना नियंत्रित करने के साथ ही धीरे धीरे सह्लियत देने संबंधी कई मुद्दों पर गहन चर्चा होगी इस मीटिंग में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका दिया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत होने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्भ मेले के लिए हरिद्वार में अनेक निर्माण कार्य होने हैं जिसके लिए राज्य सरकार को जल शक्ति मंत्रालय से मदद की जरूरत होगी केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और जल शक्ति मंत्रालय का पूरा सहयोग दिया जाएगा श्री शेखावत ने कहा कि नमामि गंगे और डिस्ट्रिक गंगा कमेटी के तहत उत्तराखंड में सराहनीय कार्य हए हैं राजधानी खलेंगी देहराद्रन में लॉकडाउन के बीच कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बिना एसी वाले कॉम्प्लेक्स की द्वकानें सप्ताह में छह दिन खूलेंगी इसके अलावा कॉस्मेटिक की द्कानों के साथ ही ऑटोमोबाइल कार एक्सेसरीज स्टोर आदि भी छह दिन खूलेंगे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा

हालांकि विभिन्न द्कानों की अलग अलग कैटेगिरी बनाई गई है जिसमें रोजाना और सप्ताह में तीन तीन दिन खुलने वाली दुकानें निजी कार्यालय आदि को शामिल किया गया है

इसके अलावा सूरत से काठगोदाम और पुणे से हरिद्वार के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई हैं जो आज रात काठगोदाम और कल दोपहर तक हरिद्वार पहंचेंगी प्रवासी बागेश्वर लॉकडाउन में बाहरी राज्यों से बागेश्वर जिले पहुंचे प्रवासियों की बिलौना बस अड्डे पर बनाये गए स्टेजिंग एरिया में स्वास्थ्य जांच और थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है इसके बाद सभी लोगों का डाटा तैयार कर उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए परिहवन विभाग दवारा उनके गन्तव्य के लिए भेजा जा रहा हैं यात्रियों को उनके घर भेजने के साथ ही जिला प्रशासन दवारा छोटे बच्चों के लिए दूध और अन्य व्यक्तियों को चाय नाश्ता उपलब्ध कराया जा रहा है

कोरोना अपडेट राज्य में कोरोना का आज कोई नया मामला सामने नहीं आया है

वो पंजाब से ऊधमसिंह नगर के बाजप्र पहंच गया जहां ऊधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने उसे सुशीला तिवारी हल्द्वानी में भर्ती कराया है पर्यटन सचिव पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटन उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा है राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसायियों को राहत और रियायत देने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है

पर्यटन सचिव ने कहा कि पर्यटन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल के पश्चात पर्यटन गतिविधियों को दोबारा स्थापित करने की है सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को उनके जिलों में राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को सामाजिक द्री का ध्यान रखते हए आमजन के साथ संपर्क करने और योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया गया है

सभी समस्याओं को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के संबंधित कंट्रोल रूम को प्रेषित किया गया है जिसमें से कई समस्याओं का समाधान हो च्का है अधिकारीयों ने बताया कि ज्यादातर समस्याएं विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को वापस राज्य में लाने से संबंधित थी विधानसभा अध्यक्ष ने कंट्रोल रूम में कार्यरत सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि लोकसभा दवारा प्राप्त होने वाले अंतरिम आदेश तक विधानसभा का कंट्रोल रूम प्रभावी रहेगा

दोनों कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कंटेनमेंट जोन को लेकर स्वास्थ्य पृलिस और नोडल अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेते हये जरूरी दिशा निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने सीएमओ को वर्तमान में गांव में रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिये साथ ही जिला पंचायत को गांव में हर दिन दवाई का छिड़काव और फॉगिंग करने को कहा गया है इसके अलावा स्थानीय किराने की दुकानों के माध्यम से गांव के अन्दर रसद सब्जी दूध आदि आवश्यक वस्त्रों की आपूर्ति करवाई जाएगी कंटेनमेंट जोन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्लिस और पीआरडी जवानों की तैनाती की जा रही है वहीं आंगनबाड़ी कार्यकत्री आशा पटवारी और स्थानीय चिकित्सक कंटेनमेंट गांव का डोर टू डोर सर्वे करेंगे किसी में खांसी जुकाम बुखार आदि के लक्षण पाये जाने पर उसकी सूचना जिला चिकित्सालय को दी जाएगी

इस दिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक किया जाता है